विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष सुलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक व स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे कल देर रात तक चली भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने विपिन सिंह परमार के नाम पर मोहर लगाई है मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के विधिवत चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा

उल्लेखनीय है कि राजीव बिंदल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष का पद खाली हो गया था

पर्यटन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पिछले एक महीने के भीतर विभाग को ये चौथा पुरस्कार मिला है

उन्होंने कहा कि इसके अलावा हरियाणा के सूरजकुंड काफट मेले के दौरान प्रदेश को थीम राज्य के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया प्रवक्ता ने बताया कि कोलकत्ता पर्यटन मेले के दौरान फिर से हिमाचल को वर्ष के साहसिक पर्यटन स्थल के रूप में सम्मानित किया गया है किसान मेला मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदर्श गांव योजना के तहत हमीरपुर ज़िला में सुजानपुर विकास खंड के खरसाल में एक दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित करते हए कहा कि ऐसे मेलों से किसानों को जहां कृषि संबंधी जानकारी गांव स्तर पर ही मिलती है वहीं उनकी समस्याओं का समाधान भी घर द्वार पर ही होता है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है बजट सत्र आज से हंगामे के आसार पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक के एक जैसे शब्द हैं हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र आज से दिव्य हिमाचल का शीर्षक है इन्वेस्टर मीट के साथ बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री को विस अध्यक्ष बनाए जाने पर अमर उजाला की सुर्खी है परमार होंगे हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष

राजीव बिंदल ने तैनात किए अपने सिपहसालार शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल भाजपा की नई कार्यकारिणी की पहली लिस्ट जारी दैनिक सवेरा टाइम्स के शब्द हैं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल ने मैदान में उतारी अपनी टीम

शिमला के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है हिमाचल का पहला खूला शौच मुक्त प्लस प्लस शहर बना केंद्रीय टीम के चार दिन के निरीक्षण में खरा उतरा अमर उजाला की एक खबर है सोलन में बनेगा टमाटम सोस प्लांट विश्व बैंक से मंजूरी